उन्होंने कहा कि हमारे जवान सीमा पर कठिन भौगोलिक परिस्थितियों का सामना करते हए दिन रात राष्ट्र की सुरक्षा करते हैं और पुलिस के जवान देश के भीतर लोगों की सेवा में सदैव डटे रहते हैं गृह मंत्री ने कहा कि यह हमारी जिम्मेदारी है कि हम पुलिस की अच्छी छवि लोगों के सामने रखें और लोग भी पुलिस के परिश्रम को समझें उन्होंने कहा कि छट्टी हो या त्यौहार पुलिस हर समय नागरिकों की सहायता के लिए उपलब्ध रहती है केंद्रीय गृह मंत्री आज लखनऊ में सैंतालिसवीं पुलिस विज्ञान कांग्रेस के समापन समारोह को संबोधित कर रहे थे इस अवसर पर उन्होंने देश में रक्षा शक्ति विश्वविद्यालय खोलने का बात भी कही गृह मंत्री ने कहा कि आंतरिक और बाह्य सुरक्षा में समन्वय होना अत्यंत आवश्यक है गृह मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आज भारत की अर्थव्यवस्था अंतराष्ट्रीय पटल पर ग्यारहवें से पांचवें स्थान पर पहुंच गई है अब सरकार का लक्ष्य इसे पांच ट्रिलियन की अर्थव्यवथा बनाना है इसके लिए आंतरिक सुरक्षा को और मजबूत बनाने की आवश्यकता है श्री शाह ने कहा कि वह पूर्ण विश्वास के साथ कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में कानून व्यवस्था में व्यापक बदलाव आया है पहले प्रदेश की कानून व्यवस्था पर लोग प्रश्न करते थे आज यह स्थिति पूरी तरह बदल चुकी है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अपने संबोधन में कम्यूनिटी पूलिसिंग पर बल देते हुए कहा कि आज पुलिस के सामने जनता के विश्वास पर खरा उतरने की चुनौती है सम्मेलन में विभिन्न राज्यों और केन्द्र शासित प्रदेशों के वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों ने भाग लिया सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि प्रसार भारती आकाशवाणी और दूरदर्शन के जरिये सम्बद्ध मंत्रालयों के साथ तालमेल कायम करके केन्द्र सरकार के सभी कार्यक्रमों और उनसे संबंधित विभिन्न पहलुओं का प्रचार प्रसार करता है आज लोकसभा में प्रक प्रस्नों का उत्तर देते हुए श्री जावड़ेकर ने कहा कि केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों का प्रचार प्रसार सूचना और प्रसारण मंत्रालय के सभी मीडिया इकाईयों के माध्यम से किया जाता है सरकारी योजना जो जन कल्याण की है उसका सही लाभार्थियों तक और सबको जानकारी हो इसके लिए विभिन्न प्रकार से कार्यक्रम भी होते हैं और समी प्रकार के इश्तहार दिए जाते हैं मूल मुद्दा उसमें लोक शिक्षण होता है सूचना और प्रसारण मंत्री ने बताया कि पत्र सूचना कार्यालय ने सरकार के महत्वपूर्ण निर्णयों और प्रमुख कार्यक्रमों के बारे में जानकारी दी केन्द्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने आज कहा कि सरकार जलवायु परिवर्तन पर राष्ट्रीय कार्य योजना के तहत राष्ट्रीय तटीय मिशन शुरू करने पर विचार कर रही है लोकसभा में श्री जावड़ेकर ने बताया कि इस मिशन का उद्देश्य तटीय और समुद्री पारिश्थितिकीय तंत्र बुनियादी ढांचे तथा तटीय क्षेत्रों में समुदायों पर जलवायु परिवर्तन से पड़ने वाले प्रभाव का समाधान करना है श्री जावडेकर ने बताया कि ग्जरात ओडीसा और पश्चिम बंगाल के चिन्हित तटीय क्षेत्रों में ये परियोजना लागू की जा चुकी है केन्द्र सरकार ने आज कहा कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने प्रतिमाओं के नदियों और तालावों में विसर्जन से संबंधित पर्यावरण संबंधी मसलों के समाधान के लिए मौजूदा दिशा निर्देशों की समीक्षा करके उन्हें अधिक कारगर बनाने का फैसला किया है लोकसभा में प्रश्नों के उत्तर में पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने यह जानकारी दी राजस्थान के राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज क्शीनगर जिले के सेवरही में महात्मा गांधी की एक सौ पचासवीं जयंती पर आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी को सम्बोधित करते हए कहा कि स्वदेशी और स्वराज महात्मा गांधी के मूल मंत्र हैं स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान स्वदेशी ने ग्रामीण जनता में स्वामिमान पैदा किया उन्होंने कहा कि गांव हमारे लोकतन्त्र की आधारशिला है गांवों के विकास से ही राष्ट्र का विकास सम्मव है संगोष्ठी को प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने भी सम्बोधित किया उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केन्द्र और राज्य सरकार गांवों के विकास के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं इस अवसर पर उन्होंने कुल इकसठ हजार पांच सौ इक्कीस लाख रुपये की छियासठ परियोजनाओं का शिलान्यास व लोकार्पण भी किया संगोष्ठी को देवरिया के सांसद डॉ रमापति राम त्रिपाठी तथा अखिल भारतीय इतिहास संकलन समिति के राष्ट्रीय सचिव डॉ बालमुकुन्द ने भी सम्बोधित किया

जिला गन्ना अधिकारी वेदप्रकाश सिंह और मिल के अधिशासी निदेशक शेर सिंह चौहान ने डॉगा में गन्ना डाल कर पेराई सत्र का शुभारम्भ किया इस अवसर पर श्री सिंह ने किसानों से गन्ने की स्वीकृत एवं उन्नतिशील प्रजाति के बीज बोने की अपील की